मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुह साफ रखें कोरोना संक्रमण के मामलों पर नियंत्रण के लिये प्रदेश में लागू आंशिक कर्फ्यू को राज्य सरकार ने दस मई तक बढ़ा दिया है आज जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में आवागमन और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध सोमवार की सुबह सात बजे तक लागु रहेंगें इस बीच प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्त्ओं और सेवाओं की आपूर्ति को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिये ऑनलाइन ई पास से क्छ आवश्यक सेवाओं को छूट देने का निर्णय किया है इसके तहत औद्योगिक गतिविधियों मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के परिवहन मेडिकल व स्वास्थ्य तथा औद्योगिक इकाइयों में उपस्थिति और उद्योग सम्बन्धी कार्यो ई कॉमर्स गतिविधियों आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों दूरसंचार सेवा डाक सेवा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों को ई पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी प्रदेश सरकार ने गांवों में कोविड रोगियों की पहचान के लिए आज से पांच दिवसीय अभियान श्रू किया है

ऐसी आशंका हैं कि पंचायत चुनाव और मतगणना के दौरान गांवों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ सकती है

स्कूलों और ग्राम पंचायत भवनों में क्वारेंटीन सेंटर तैयार किए गए हैं

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है

केन्द्र ने पिछले महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की घोषणा की थी मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले को स्वीकृति दे दी इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन संयत्रों के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी होगा और युद्वस्तर पर कार्य पूरा करेगा